उच्चतम न्यायालय ने अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के रवैये पर जताई नाराजगी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने को लिए भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय चुनाव समिति की समिति की कल नई दिल्ली में बैठक आयोजित हई पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज अरूण जेटली नरेन्द्र सिंह तोमर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया

श्री शुक्ला ने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें पिछले पांच साल में विकास हुआ हो श्री शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड रही है और विधायक दल मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा उधर राजीव शुक्ला के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सत्तारूढ भाजपा सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना चाहती है

भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज से तीन दिन का व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है इसके तहत पार्टी प्रदेष के एक करोड लोगों से संपर्क करेगी केन्द्रीय मंत्री और राजस्थान में पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर जयपुर में गोविन्द देवजी मंदिर से इसकी शुरूआत करेंगे भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया इस अभियान में पार्टी के बूथ कार्यकर्ता से लेकर सभी विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री बूथ पर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और सरकार द्वारा किये गए कार्यों को जनता को बतायेंगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोटा जिले में हवाई अड़डे से वाणिज्यिक उडान शुरू करने का आग्रह किया है श्री गांधी ने कोटा में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को आवागमन में हो रही दिक्कतों का दूर करने के संबंध में ये पत्र लिखा है

इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये है

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली में भाजपा केन्द्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक प्रधानमंत्री ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने राज्य सरकार पर जनता से किये वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज प्रदेशभर में आज से भाजपा की ओर से तीन दिवसीय व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है उच्चतम न्यायालय ने अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के रवैये पर जताई नाराजगी